इससे पहले म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों से संवाद किया इस दौरान उन्होंने किसानों को नये कृषि कानूनों के फायदों की जानकारी दी श्री चौहान ने भरोसा दिलाया कि एमएसपी पर उपज की खरीदी जारी रहेगी वहीं मंडियां भी बंद नहीं होंगी

खास बात यह है कि ये किसान कल्याण सम्मेलन एक ही समय में जिला विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं

तोमर खला पत्र केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में बनाये गए कृषि स्धार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की श्रूआत होगी इस कानून से देश के किसान को अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे किसानों को लिखे अपने पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है श्री तोमर ने कहा कि वह किसानों और उनके संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं और कई संगठनों ने स्धारों का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का लाभ उठाना श्रू कर दिया है कई जगह किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और कृषि मंत्री के रूप में इसे दूर करना उनकी जिम्मेदारी है श्री तोमर ने दोहराया कि एमएसपी जारी रहेगी उन्होंने कहा कि जो मंडियां पहले से ही काम कर रही हैं वे आगे भी काम करती रहेंगी और सरकार एपीएमसी को मजबूत कर रही है तथा मंडियों का आध्निकीकरण किया जा रहा है

विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं वे कांग्रेस विधायक और प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं वहीं दूसरे नंबर पर संजय सिंह यादव ने जीत हासिल कर उपाध्यक्ष पद पर कब्जा किया है

युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर विक्रांत भुरिया को प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने श्भकामनाएं दी हैं

वे कल शहडोल विश्वविदयालय के अकादमिक भवन का लोकापर्ण करने बाद मीडिया से बात कर रहे थे

बुलेटिन के अंत में एक अपीलहमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी